मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कल केन्द्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी से नई दिल्ली में भेंट के बाद यह जानकारी दी मुख्यमंत्री ने कहा कि हवाई अड्डे का निर्माण राज्य सरकार और भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण संयुक्त रूप से करेंगे उन्होंने बताया कि इसके लिए प्राधिकरण एक सप्ताह में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करेगा जबकि राज्य सरकार भूमि अधिग्रहण के कार्य में तेजी लाएगी मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय मंत्री से राज्य में हवाई एम्बुलैंस सेवाओं को सुदृढ़ करने का आग्रह भी किया केन्द्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया इस बीच मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और भाजपा के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी भेंट की पुरस्कार गुजरात के गांधी नगर में हुए राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में स्वास्थ्य क्षेत्र में अच्छी कार्यप्रणाली के लिए हिमाचल को राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया है स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार ने बताया कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के राज्य प्रबंध निदेशक और विशेष सचिव स्वास्थ्य नवीन जिंदल को मुख्यमंत्री क्षय रोग निवारण योजना पर दी गई मौखिक प्रस्तुति के लिए पुरस्कार दिया गया राजीव सैजल सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सैजल ने कहा है कि राज्य सरकार युवाओं का व्यवसायिक कौशल निखारने के लिए वचनबद्ध है और कौशल विकास की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है

यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क से प्रसारित के किया जाएगा

शिक्षा बोर्ड प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा जमा दो श्रेणी के री अपीयर वाले डिप्लोमा होल्डर परीक्षार्थियों के लिए री अपीयर परीक्षा अगले वर्ष मार्च ली जाएगी

अब एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर हिमाचल कांग्रेस की सभी कमेटियों को भंग करने की खबर आज सभी समाचार पत्रों में प्रमुखता लिए हुए है अमर उजाला की सुर्खी है उपचुनाव में हार गुटबाजी पर कांग्रेस की प्रदेश जिला ब्लॉक कार्यकारिणी भंग दैनिक जागरण लिखता है प्रदेश काग्रेस कार्यकारिणी भंग राठौर पर भरोसा कायम दैनिक भास्कर का शीर्षक है प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर के पद को छोड़ सभी ओहदे भंग किए दिव्य हिमाचल के शब्द हैं सोनिया गांधी ने कुलदीप राठौर को दिया नई टीम बनाने का मौका वीरमद्र सिंह होंगे मजबूत दैनिक सवेरा टाइम्स ने लिखा है सोनिया गांधी ने की हिमाचल कांग्रेस पर सर्जिकल स्ट्राइक मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के दिल्ली प्रवास पर अमर उजाला ने लिखा है शाह से मिले जयराम नए अध्यक्ष और मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा जबकि पंजाब केसरी का कहना है प्रदेश मंत्रिमंडल में शीघ विस्तार की संभावना बढ़ी दैनिक जागरण का शीर्षक है जयराम मंत्रिमंडल के विस्तार को हाईकमान की हरी झंडी दिव्य हिमाचल के शब्द हैं प्रदेश मंत्रिमंडल में विस्तार फेरबदल का रास्ता साफ हिमाचल दस्तक लिखता है शाह नड्डा से मिले जयराम फैसले लेने को हरी झंडी मंडी का सामूहिक कन्या पूजन लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्डस में दर्ज शीर्षक से खबर को अमर उजाला ने सचित्र प्रकाशित किया है वहीं आपका फैसला लिखता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को लेकर जिले में गजब का काम दिव्य हिमाचल ने खबर दी है चंबा मेडिकल कॉलेज को बनेगी नई पॉलिसी गाय खूली छोड़ने पर होगी सजा व जुर्माना एक दिसंबर से कार्रवाई दैनिक सवेरा टाइम्स की एक खबर है

हिमाचल दस्तक लिखता है आज हल्की बारिश कल से सात जिलों में येलो अलर्ट